आज कानपुर के पीएसआईटी शिक्षण संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ज्ञान के नये आयाम प्रदान करती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन की यात्रा पर आज सुबह कानपुर पहंचे

उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति भी देश को ज्ञान के क्षेत्र में सुपर पॉवर बनाने का लक्ष्य रखती है रा टपति ने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास में सहायक हो रा ट्रपति स्वयं भी छत्रपति ाहू जी महराज विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी विधि संस्थान का भी लोकार्पण किया उन्होंने विश्वविद्यालय को एक लाख ग्यारह हजार रूपये की धनराशि दान में दी राष्ट्रपति कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे उपराष्ट्रपति एमवैंकैया नायड् ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए हरिद्वार के कृंजा बहाद्रपुर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का इतिहास साहसी और वीर लोगों का इतिहास है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने में देश ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह महीने में जम्मू कश्मीर में हिंसा में बहुत कमी आई है सरकार की अन्य उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रमुख आर्थिक सुधारों की दिशा में कई प्रयास किये जा रहे हैं और लोगों के पास पैसा आ रहा है इस वर्ष नवंबर तक देश में कुल एक हजार छः सौ तिरान्नवे ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में चिन्हित किया जा चुका है

इसका उद्देश्य सांसदों की नेतृत्व क्षमता और वचनबद्धता को बढ़ाना है कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी देते हए ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना और अन्य लोगों के लिए उन्हें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है

प्रदेश के कृषिी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल वाराणसी में कृषि विज्ञान केंद्र और संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि किसानों की आय दोग्नी करने के लिए नवीनतम तकनीक की जानकारी जैसे बकरी पालन मुर्गी पालन मत्स्य पालन आदि कार्यो के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा कृषि मंत्री श्री शाही ने बताया कि किसानों को एक छत के नीचे बीज पेस्टिसाइड उपलब्धता हेतु दो कृ षि कल्याण केंद्र बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के एक करोड़ अडसठ लाख किसानों के खाते में धनराशि स्थानांतरित हो चुकी है उन्होंने बताया कि काफी किसानों के डाटा इँट्री में विसंगतियां हैं किसान आधार कार्ड के नाम के अनुसार डाटा इट्री कराए ताकि सुधार हो और उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके

देश की पैंतीस प्रतिशत जनसंख्या आज युवा है इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का होना हमारे रा द्र को ाक्ति प्रदान करता है आज अनेको ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे नौजवानों ने बुलॅन्दी प्राप्त की है पूर्वान्वल के युवा भी इसमें पीछे नहीं है यह बात राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने आज गोरखपुर में एक शीक्षिक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही उन्होंने युवाओं विशे ाकर पूर्वान्वल के नवयुवकों से कहा कि वे खुद को किसी से भी कम न आंके और अपनी प्रतिभा पर विश्वास कर आगे बढ़ें उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ साथ अपने सर्वागीण विकास पर भी ध्यान देने को कहा श्री वर्मा ने कहा कि मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जटिल से जटिल परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है